इसी क्रम में आज मऊ और देवरिया जिलों में सपा बसपा रालोद गठबंधन की संयुक्त रैली आयोजित की गई

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिये हर हथकंडे अपना रहे हैं मायावतो ने कहा कि बसपा और सपा का गठबंधन टूटने वाला नहीं है जब तक केन्द्र और प्रदेश से भाजपा सरकार को हटा नहीं देगा तब तक यह मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा मायावती ने रैली के दौरान कांग्रेस भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियों पर आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाये मायावती ने कहा पूरे देश में दलितों आदिवासियों और पिछड़ों के लिये नौकरियों में आरक्षण का कोटा खाली है बसपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर गरीब को रूपये देने के बजाय उनके लिये स्थायी रोजगार को व्यवस्था की जायेगी मायावती ने जनता से विरोधी पार्टियों के प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में न आकर सोच समझ कर वोट देने की अपील की बाइट विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किये गये इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नही आना है जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दर किनार कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का ज्यादातर विश्वास ही उठता चला जा रहा है रैली में गठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय के समर्थन में प्रचार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी से देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है रोजगार समाप्त हो गये है और किसान बेहाल है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में किये गये वादा को आज तक पूरा नहीं किया है अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बुनियादी सवालों से बचकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं

उधर कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी में रोड शो कर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की

इस चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

इस चरण में दो करोड़ से अधिक मतदाता एक सौ इकहत्तर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे सातवें चरण की प्रतिष्ठित वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरन्द मोदी दोबारा चुनाव लड रहे है

मिर्जापुर से भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में हैं देवरिया मे भाजपा नेता रमापति राम त्रिपाठी गठबंधन प्रत्याशी विनोद जायसवाल और कांग्रेस के नियाज अहमद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है उधर महाराजगंज सीट पर भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी गठबंधन से अखिलेश सिंह और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत चुनाव मैदान में है लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की जिन तेरह सीटों पर मतदान होना है उनमें महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजोपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज संसदीय सीट शामिल है जिसमें बांसगांव और राबर्ट्सगंज सीट अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिये आरक्षित है सातवें चरण की तेरह सीटो पर मतदान के लिए तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र और पच्चीस हजार आठ सौ चौहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की वाराणसी संसदीय सीट पर देशभर की निगाहे लगी हुई है यहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं एक रिपोर्ट पूरे देश के साथ ही प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली वाराणसी लोकसभा क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री दूसरी बार उम्मीदवार हैं सभी दलों की निगाहें लगी हुई है भाजपा के आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय व प्रदेश के मंत्री नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सरकार की नीतियों व किये गए विकास के बारे में जनता को बता रहे हैं और उनसे एक बार फिर से प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं वहीं सपा बसपा गठबंधन से शालिनी यादव वाराणसी के कायाकल्प के लिए जनता से एक मौका देने की अपील कर रही हैं कांग्रेस महासचिव व पूर्वी उत्तर उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने आज अपने प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो किया मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव परिणामों का प्रवान्मान संबंधी सर्वेक्षण देने पर तीन मीडिया घरानों को नोटिस जारी किया है आयोग ने आईएएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इकोनॉमिक टाइम्स और स्वराज मास मीडिया से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए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

इसके साथ ही यहां बारिश के मौसम की शुरूआत हो जायेगी दक्षिण पश्चिम मॉनसून इसके बाद उत्तर की तरफ बढ़ जायेगा

सेंकड स्टैज ऑफ मानसून द फॉर कास्ट जिसमें हम जुलाई में कितना बारिश होगा अगस्त में कितना बारिश होगा और डिफर्रेन्ट हॉमोजिंयस रीजन में कितना बारिश होगा

सत्रह विकासशील देशों ने सभी सदस्य देशों के हित में विकास और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन को मजबूत बनाने के सामूहिक प्रयासों की अपील की है

घोषणा पत्र के अनुसार विश्व व्यापार संगठन की सुधार प्रक्रिया में विकास मुख्य मुद्दा होना चाहिए साथ ही विकासशील सदस्यों के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए जिन सदस्यों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए उन्होंने डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय ने रिक्तियों की भर्ती पर जोर दिया और कहा कि गतिरोध के कारण विवाद निपटान प्रणाली पर असर पड़ा है विकासशील सदस्यों ने सभी सदस्यों से इस चुनौती से अविलंब निपटने का आग्रह किया इन सदस्यों ने विकासशील देशों के साझा हितों के विभिन्न मुद्दों पर परामर्श करने के बारे में अपनी सहमति जताई

इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली पहुंच कर जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की और कहा कि जो भी हुआ वह बेहद गलत है

समाप्त